विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में आयोजित होंगे सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम

जयंती सूर्य नमस्कार प्रदेश में स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर आयोजित होने वाले युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम के कार्यक्रम होंगे इस बार इसमें वर्च्अली ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जनप्रतिनिधि शिक्षक विद्यार्थी एवं अन्य अपनी सहभागिता करेंगे

इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण होगा कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा उसके बाद स्वामी विवेकानन्द जी के विश्व प्रसिद्ध शिकागो उदबोधन एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण होगा इसके उपरांत सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के संबंध में निर्देश प्रसारित होंगे

विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द एक ऐसी प्रेरणा थे जिनके विचार आज भी हम सब को ऊर्जा से भर देते हैं उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानन्द के बताये मार्ग पर चलना होगा सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को अपनाना होगा और स्वयं को समाज और देश के लिये कार्य करने के बड़े लक्ष्य से जोड़ना होगा

देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म वेदांत और योग से परिचित कराया

वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है युवा महोत्सव सप्ताह भर चलने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवा उत्साह नये भारत का भी आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में शुरू हो रहा है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला यह महोत्सव युवाओं के प्रेरक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस वर्ष यह उत्सव वर्चुअल माध्यम से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान प्रत्येक राज्य के प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्शल आर्ट प्रदर्शनियां बौद्धिक विचार विमर्श युवा कलाकारों के शिविर सेमिनार और साहसिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इस महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाएंगे आकाशवाणी समाचार से बातचीत में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवा महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है

श्री मोदी कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे

बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में कोविड से निपटने में अन्य देशों की तुलना में बेहतर कार्य किया है गडकरी खादी पेंट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नये पेंट को जारी करेंगे पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता से मुक्त इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है जो अपनी तरह का पहला पेंट है इस पेंट में फंगस नहीं लगता और बैक्टीरिया का भी इस पर असर नहीं होता इसे बनाने में मुख्य रूप से गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और यह किफायती तथा गंधहीन है इसे भारतीय मानक ब्यूरो से स्वीकृति भी मिली हुई है

इस दुर्घटना में श्री नाइक की पत्नी विजया और उनके सहायक का निधन हो गया